उनसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

सातवें चरण के लिए नामांकन कार्य सम्पन्न

और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी अधिकांश हिस्सों में लू जैसे हालात

निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार लगभग उनसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान में तीन प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गयी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने कहा कि सबसे अधिक इकसठ प्रतिशत मतदान बेगूसराय में दर्ज किया गया वहीं समस्तीपुर में साठ दशमलव आठ शून्य और उजियारपुर में साठ दशमलव पांच छह प्रतिशत वोटिंग हुई है दरभंगा में छप्पन दशमलव छह आठ प्रतिशत और मूंगेर में सबसे कम पचपन दशमलव तीन आठ प्रतिशत वोट डाले गये हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही युवा महिला बुज़ुर्ग और दिव्यांग सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बड़हिया स्थित ब्रथ संख्या तैंतीस पर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि कई गणमान्य लोगों ने आम वोटरों के साथ लाईन में लगकर मतदान किया

इन केन्द्रों के क्ल तैंतीस सौ मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने उनतीस उम्मीदवारों के भाग्य का फैसले ईवीएम में बंद कर दिया है इधर जनप्रतिनिधियों ने आम मतदाताओं की तरह लाईन में लगकर अपने वोट डाले जिनमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चोधरी जदयू के सासंद रामनाथ ठाक्र और राजद विधायक अख्तरूल इस्लाम शाहीन शामिल हैं आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केन्द्रों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया

मतदाताओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरुक किया गया इको फ्रेंडली पोलिंग वृथ को वसुंधरा मतदान केंद्र का नाम दिया गया था

क्षेत्र में पहली बार मतदान करने आये युवा वोटरों में काफी उत्साह देखा गया बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के साथ साथ महिला वोटरों का जज्बा देखते ही बन रहा था आज के मतदान के साथ आठ प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो गयी जिसका ताला मतगणना के दिन तेईस मई को खुलेगा आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा हमारे संवददाताओं ने बताया कि कुछ स्थानों पर झड़प के मामले भी सामने आये हैं पटना स्थित चूनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में क्ल एक सौ तैंतीस शिकायतें दर्ज की गयी वहीं मुंगेर से चालीस मामले और दरभंगा से सत्रह मामले दर्ज किये गये हैं चुनाव संबंधी गड़बड़ियों की सबसे अधिक पचपन शिकायतें बेगूसराय में दर्ज की गयी मूंगेर संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत लखीसराय के हलसी प्रखंड में फर्जी मतदान की सूचना पाकर कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट की भी खबर है इस मामले में आयोग ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है पत्रकारों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करायी है मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित बलीपूर गांव में मतदान में गड़बड़ी कराने के आरोप में दल विशेष के समर्थकों ने एक दारोगा की पिटाई कर दी इस घटना के बाद बलीपुर के मतदान केन्द्र संख्या सात आठ और नौ पर कुछ देर के लिए मतदान बाधित हो गया बाद में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती के बाद मतदान कराया गया इधर इसी विधानसभा क्षेत्र के रामपूर गांव स्थित मतदान केन्द्र संख्या दो सौ बाईस पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प के बाद पथराव कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में भागिरथपुर और कोल्हुआरा पंचायत के लगभग पांच हजार मतदाताओं ने स्थानीय जूट मील के बंद होने के विरोध में मतदान में भाग नहीं लिया चौथे चरण के मतदान के बाद कई दिग्गजों समेत छियासठ उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी लोजपा के रामचंद्र पासवान और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सीपीआई के कन्हैया कुमार प्रमुख हैं इन दिग्गजों के अलावा भाजपा के गोपालजी ठाक्र राजद के तनवीर हसन और कांग्रेस के अशोक कुमार तथा नीलम देवी की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गयी है चौथे चरण के मतदान की समाप्ति के बाद विभिन्न दलों और गठबंधनों के प्रमुख नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किये हैं लोजपा प्रमूख रामविलास पासवान ने कहा कि इस चरण की पांचों सीट पर एनडीए जीत हासिल करेगा राजद और कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है गौरतलब है कि पिछले च्रनाव में सभी पांचों सीटें एनडीए ने जीती थी पांचवें से लेकर अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है पांचवें चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने आज सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और सोनबरसा में जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गति को तेज किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने वाल्मिकीनगर संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को हर मोर्चे पर अग्रणी बनाया है वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी मुजफ्फरपुर वैशाली और सारण लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मुजफ्फरपुर में पार्टी उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद बिहार में यह उनकी छठी चूनावी सभा होगी श्री मोदी का चार मई को वाल्मिकीनगर में एनडीए उम्मीदवार वैद्यनाथ महतो के पक्ष में भी चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन का कार्य आज समाप्त हो गया इस चरण में दो सौ सत्ताईस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं सबसे अधिक सैंतीस सैंतीस नामांकन पटना साहिब और काराकाट निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल किये गये वहीं नालंदा में छत्तीस पाटलिपूत्र में तैंतीस जबकि जहानाबाद में उनतीस उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया बक्सर मे सोलह और सासाराम में पन्द्रह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद शत्र्घ्न सिन्हा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और दो मई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं इधर डिहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन दाखिल करने कार्य समाप्त हो गया है

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सुजन घोटाला मामले में बांका जिले की तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि पार्टी का घोषणा पत्र कल जारी किया जायेगा सीतामढ़ी से भाजपा नेता और विधान पार्षद बैजनाथ प्रसाद ने एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के विरोध में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है सीतामढ़ी से ही पूर्व विधायक और लोजपा नेता नगीना देवी ने भी पार्टी छोड़ दी है पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण लू जैसे हालात बने हुये हैं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है पटना और आस पास के इलाकों में कुछ देर तक बादल छाये रहने से लोगों को मामूली राहत मिली लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी में बढ़ोतरी होती गयी पटना और भागलपुर का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया

उनसठ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया

सातवें चरण के लिए नामांकन कार्य सम्पन्न

अधिकांश हिस्सों में लू जैसे हालात